तीन सौ छब्बीस मरीज ठीक हुए स्वस्थ होने की दर पैंतालिस प्रतिशत हुई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मजदूर राज्य सरकार की अनुमति के बिना दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए नहीं जा सकेंगे मजदूरों को इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी उन्होंने कहा कि सरकार सभी मजदूरो की दक्षता का आकलन कर रही है ताकि उन्हें उनके योग्यता के हिसाब से राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके एक निजी चैनल से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान में करीब साढ़े चार लाख से अधिक मजदूर आ चुके हैं जबकि अन्य मजदूरों को लाने का प्रयास जारी है मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लगभग पांच लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मुहैया करा रही है जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं राज्य सरकार ने प्रतिदिन दस लाख मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सात सौ तीस हो गयी है जबकि अबतक तीन सौ छब्बीस मरीज स्वस्थ हुए हैं मरीजों के स्वस्थ होने की दर पैंतालिस प्रतिशत है राज्य में कुल पांच मरीजों की मौत हुई है इधर स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में ठीक होने वालों की दर अड़तालीस दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है और ठीक होने वालों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में दो सौ सत्रह लोगों की मौत हुई है अब तक देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या पांच हजार आठ सौ पंद्रह हो गई है गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमण से सावधान रहने को लेकर आरोग्य सेतु एप तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गरीब छात्रों की शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड में पॉलिटेक्निक आईटीआई नर्सिंग पारामेडिकल समेत अन्य तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा व्यवस्था गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक नहीं है फीस को लेकर गरीब परिवारों के बच्चे दाखिला नहीं ले पाते हैं जिस कारण संस्थानों में सीटें खाली रह जाती हैं श्री मरांडी ने ऐसी व्यवस्था में सुधार कर इसे व्यावहारिक और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बनाने पर जोर दिया है बाबूलाल ने कहा कि सरकार वास्तव में गरीब वर्ग के छात्रों को सरकारी सहायता मुहैया कराना चाहती है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा संबंधित संस्थान को भुगतान किया जाना चाहिए कोडरमा जिला प्रशासन ने जिले में प्रवासी मजदूरों को मत्स्य पालन से जोड़ने का निर्णय लिया है इसके लिए प्रशासन ने ठोस रणनीति बना ली है

झारखंड सरकार के अनुरोध को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है इन राज्यों के अलावा झारखंड में भी कुछ स्टेशनों पर ट्रनों के ठहराव को प्रतिबंधित किया गया है हावड़ा बडबिल ट्रेन घाटशिला सिन्नी डंगवापोसी नोवामुंडी और बड़ा जामदा में नहीं रूकेंगी हावड़ा मुंबई स्पेशल टाटानगर और चकधरपुर में नहीं रूकेगी हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अब मेछेछा पांसकुडा टाटानगर और चकधरपुर स्टेशनों पर नहीं रूकेगी मुनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ठहराव घाटशिला चांडिल बोकारो चंद्रपुरा गोमो पारसनाथ और हजारीबाग रोड स्टेशन पर नहीं होगा वहीं टाटानगर दानापुर स्पेशल ट्रेन भी बाराभूम जयचंदी पहाड़ बर्णपुर और चितरंजन में नहीं रूकेगी हावड़ा सिंकदराबाद स्पेशल ट्रेन पिद्गुरल्ला तदपल्लीगुडम समालकोट पलासा और इच्छापुरम में नहीं रूकेगी वहीं हावड़ा यशवतपुर स्पेशल ट्रेन भी विजयनगरम स्टेशन पर नहीं रूकेगी चतरा जिले में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता बरतने के मामले में परियोजना पदाधिकारी समेत चौदह कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की अनियमितता बरतने के मामले सामने आने के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी पाये जाने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है

राजधानी रांची समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनलॉक वन के दौरान कपड़ा और जुते चप्पल की दृकानों को नहीं खोलने के निर्देश के विरोध में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया इस दौरान राज्य सरकार से कपड़ा व्यवसाय को चालू करने की मांग की रांची में झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के व्यापारियों ने झारखंड चेंबर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की कि राज्य सरकार एक दिन छोड़ कर भी दुकान खोलने की अनुमति दे ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और व्यवसायियों की खराब आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके झारखंड चेंबर के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कहा कि सरकार को क्षेत्र के हिसाब से गतिविधियों को आरंभ करने का आग्रह किया गया है उधर धनबाद और देवघर में भी कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और कपड़े की द्वकानों को खोलने के निर्देश जारी करने की मांग की द्वमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने दुमका चेंबर ऑफ कॉमर्स से कहा है कि जिले में ैअमी कपड़े और जूता चप्पल की दुकाने नहीं खुलेंगी सरकार ने इन दुकानों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी है चतरा जिले में मनरेगा योजना में मशीनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जायेगी जिला विकास आयुक्त ने मनरेगा संवेदकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है

इस बॉक्साइट माइंस में बीकेबी कंपनी के द्वारा बॉक्साइट खनन का कार्य किया जाता है देर रात लगभग एक दर्जन की संख्या में खनन स्थल पर उग्रवादी पहुंचे और वहां वाहनों को आग लगाना शुरू कर दिया इस संबंध में जिले की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है रामगढ़ जिले के बरलांगा पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया जिसमें सब इंस्पेक्टर और एएसआई घायल हो गये इस मामले में बरलंगा थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो लोगों को जेल भी भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक प्रभात क्मार ने बताया कि बरलांगा थाना क्षेत्र के बरलंगा बस्ती में शौच को लेकर विवाद हुआ था जिसे पुलिस की टीम सुलझाने गयी थी मौसम विभाग ने राज्यमर में अगले तीन दिनों तक बादल छाये रहने और मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है विभाग ने बारह जिलों में वज्रवात का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विमाग के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हुई है जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वजपात और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है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

घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटनाक्रम के अनुसार जमशेदपुर से लोहे की छड़ से लदा एक ट्रेलर ने चुट्ट पाल घाटी में जा रहे दो नए ट्रैक्टर में असंतुलित होकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों चालक तथा ट्रेलर के उप चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया द्र्घटना के बाद तीनों बड़ी गाड़ियों के आपस मे उलझने सेएक तरफ का मार्ग अवरुद्ध हो गया घटनास्थल पर रामगढ़ थाना पुलिस पहुंची और राहत कार्य शुरू किया अभी एक तरफ से ही आवगमन जारी है